आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए बाद में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी को दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों को दिया गया सरकार का तोहफा बताया श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने पांच हजार तीन सौ विस्थापित कश्मीरी परिवारो को पांच लाख पचास हजार रुपए प्रति परिवार को देने का निर्णय लिया है यह वो परिवार हैं जो विस्थापित होने के बाद दोबारा कश्मीर लौट आये थे उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आधार अनिवार्यता पर इस साल तीस नवंबर तक छूट देने का फैसला लिया है राज्य के पुलिस विभाग में मृतक आश्रितों की विभिन्न पदों पर भरती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कई उम्मीदवारों ने आज ईटानगर स्थित राज्य प्रलिस मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक आर पी उपाध्याय से मिलकर हाल ही में विभाग में रिक्त पदों पर मृतक आश्रितों की भर्ती की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण की मांग की इधर पुलिस मुख्यालय के डी आई जी पी किमे कामिंग ने कहा है कि पुलिस भरती में निर्धारित माणदंडो का पालन किया गया है और इन उम्मीदवारों द्वारा लगाये जा रहे आरोप निराधार है ईस्ट सियांग जिले के लेदुम गाव में पासीघाट बटरफ्लाई और बायो डायवर्सिटी सम्मेलन शुरु हुआ इस बार सम्मेलन का थीम मदर नेचर का संरक्षण है समारोह का उद्घाटन करते हुए स्थानीय विधायक निनोंग ईरिंग ने लेडुम गाव के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समुदाय के लोगों ने मिलकर न सिर्फ लेड्म को पर्यावरण आधारित पर्यटन को विश्व मानचित्र पर ला दिया है बल्कि यहां की बहुमुल्य प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने के लिए रास्ता भी दिखाया है इस तीन दिवसीय सम्मेलन में प्रकृति प्रेमी पर्यटको के साथ साथ पर्यावरण कार्यकता शोध छात्र वन और पर्यावरण अधिकारी भाग ले रहे है इस मौके पर श्री ईरिंग ने लुप्त हो रहे वन्य जीव प्रजातियों के प्रति चिंता प्रकट करते हुए सभी से मिलकर काम करने की अपील की इस अवसर पर बटरफ्लाई थीम पर डांस भी प्रस्तुत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अनाज बर्बाद न करने और बिजली पानी बचाने की अपील की है कल शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दशहरा समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जंयति पर समुचित श्रद्धाजंलि होगी की लोग भोजन बर्बाद न करना और सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का मिशन चलाये प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने पर बल दिया श्री मोदी ने लोगों से विभिन्न उपलब्धियां हासिल करने वाली या दूसरों को प्रेरणा देने वाली बेटियों का इस वर्ष दिवाली में सम्मान करने को कहा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग चेन्नई में द्रसरे भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दो दिन की भारत यात्रा पर आ रहे है सूत्रों ने बताया है कि श्री चिनफिंग के साथ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित न्यूरो सदस्य और विदेशमंत्री वांग यी भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं श्री चिनफिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष व्हान में हुआ था इधर भारत में चीन के राजदूत सुन वेडॉंग ने कहा है कि सीमा विवाद का अंतिम समाधान होने तक दोनों देशों को संयुक्त रुप से अपनी अपनी सीमाओं पर शांति और स्थायित्व बनाए रखना चाहिए एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दो पडोसियों के बीच मतभेद होना सामान्य बात है और उन्हें आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए चीनी राजनयिक ने कहा कि उभरती हुई दो एशियाई शक्तियों को अपने सामान्य आपसी रिश्तों पर सीमा विवाद का प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडने देना चाहिए श्री सुन ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद का प्रश्न ऐतिहासिक रुप से एक ऐसा उलझा हुआ संवेदनशील मुद्दा है जो लंबे समय से चला आ रहा है उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से दोनों देशों की सीमाओं पर एक भी गोली नहीं चली है और शांति और स्थायित्व बना हुआ है श्री सुन ने कहा कि सिमा विवाद भारत चीन संबंधों का एक छोटा सा हिस्सा है और दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों के बड़े फलक को ध्यान में रखने की आवश्यकता है अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति ने आज पासीघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी दर्शन और विचार पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाबम त्रकी विधायक निनोंग इरिंग लोंबो तायेंग वरिष्ठ नेता वांगलेट लोवांग सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे श्री तुकी ने कहा कि वर्तमान समय में भी विश्व शांति और आपसी भाईचारे के लिए महात्मा गांधी के संदेश प्रासंगिंक है भारतीय मुक्केबाज जमुना बोरो ने रुस के उलान उदे में खेली जा रही विश्व महिला चैंपियनशिप के चौवन किलोग्राम वर्ग में पांचवीं वरीयता प्राप्त ऊइडाड सैफोह को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है